लोकरंग उत्सव राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं के छत्तीसवें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था बूरी तरह प्रभावित हुई है परन्तु प्रदेश में कला और कलाकारों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा तथा इनका निरंतर संवर्धन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने कोरोना वारियर्स को शत शत नमन करते हैं जिनके कारण आज हम उत्सव व आयोजन कर पा रहे हैं लोकरंग के अंतर्गत आज लोकराग में पश्चिम बंगाल का बाउल गायन और मध्यप्रदेश का बुन्देली गायन होगा भीली कलाओं आधारित समवेत नृत्य की प्रस्तुती होगी मध्यप्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा उत्तरप्रदेश उत्तरांचल राजस्थान और कर्नाटक राज्यों के जनजातीय तथा लोकनृत्य होगें

देशज व्यंजनों का स्वाद भी यहाँ लिया जा सकेगा

उन्होंने कहा कि इस सहयोग के सद्परिणाम सब तक समान रुप से पहुंचें इसके लिए सदस्य देशों को मिल जुलकर काम करना जारी रखने की आवश्यकता है

देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में टीकाकरण के सीमित सत्र चलाए गए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पांच राज्यों में पांच हजार छह सौ पन्द्रह लाभार्थियों को टीके लगाए गए ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश कर्नाटक राजस्थान तमिलनाडु और तेलंगाना

दिल्ली पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच कल पूरे दिन संघर्ष जारी रहा

पुलिस ने कहा है कि आंदोलन से सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भीड़ में से कुछ लोग लालकिले की प्राचीर पर भी चढ़ गए जहां उन्होंने अपने संगठनों का झंडा फहराया दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली का समय और मार्ग तय किया गया था आंदोलनकारियों ने शर्तों का उल्लंघन किया और निश्चित समय से पहले उन्होंने रैली शुरू कर दी और बाद में हिंसा का रास्ता चुना

खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के पदक विजेता तीनो खिलाड़ियों को बधाई दी

परेड़ झांकियां पुरस्कृत गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली परेड एवं झांकियों को कल राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं परेड के लिए प्रथम पुरस्कार हॉक फोर्स को द्वितीय पुरस्कार मप्र विशेष सशस्त्र बल को तथा तृतीय पुरस्कार जेल विमाग को प्रदान किया गया झांकी प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार जनजातीय कार्य विभाग को दूसरा पुरस्कार पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय को तथा तीसरा पुरस्कार सामाजिक न्याय विभाग की झांकी को प्रदान किया गया सतना विकास सतना शहर का सुनियोजित विकास कर इसे महानगर के रूप में विकसित किया जायेगा नगरीय निकाय संस्थाओं और नगर निगम स्मार्ट सिटी की पंचवर्षीय कार्ययोजना के अनुसार विकास कार्य किये जाकर विन्ध्य के प्रमुख शहर सतना को सुन्दर स्वरूप दिया जाएगा

उन्हे मुखाग्नि उनकी बेटी कामाख्या ने दी